मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंच कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ मंच पर कुल पांच लोग उपस्थित रहेंगे

भारत ने अब तक दो करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच करने की उपलब्धि हासिल की

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के चार हजार चार सौ तिहत्तर नए मामले सामने आए

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन से पूर्व तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों का निरीक्षण किया

उन्होंने श्रीराम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से आयोजन के सम्बंध में विस्तार से चर्चा की मुख्यमंत्री ने समारोह के लिए बनाए गए मंच और पंडाल का भी निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को भूमि पूजन की सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच अगस्त को होने वाला भूमि प्रजन समारोह भव्य और ऐतिहासिक होगा उन्होंने लोगों से एक बार फिर अपील की कि कोरोना महामारी को देखते हुए वो अपने अपने घरों में ही रहकर भूमि पूजन का लाइव प्रसारण देखें उन्होंने प्रदेशवासियों से चार और पांच अगस्त को दीपावली मनाने की अपील करते हुए कहा कि हर घर में दीप जलाए जाएं और रामचरित मानस का पाठ किया जाए अयोध्या में कल होने वाले श्रीराम जन्मभूमि प्रजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मंच पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत नृत्यगोपाल दास और संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आसीन होंगे इस अवसर पर प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे और एक शिलापट्ट का अनावरण भी करेंगे वह मन्दिर के नये मॉडल का डाक टिकट जारी करेंगे और पारिजात वृक्ष का रोपण भी करेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय ने कल अयोध्या में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का निमंत्रण एक सौ पैंतीस संतों को भी दिया गया है

श्री चम्पत राय ने कहा कि निमंत्रण पत्र पर सिक्योरिटी कोड है यह कोड एक बार ही काम करेगा निमंत्रण पत्र अहस्तांतरणीय है आमंत्रित लोगों को पहचान पत्र रखना आवश्यक होगा और पुलिस के मांगने पर उसे दिखाना होगा किसी भी प्रकार का वाहन पास जारी नहीं किया गया है उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मोबाइल और इलेक्ट्रानिक उपकरण की अनुमति नहीं होगी भूमि पूजन कार्यक्रम में करीब दो सौ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है

श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए तीन दिवसीय अनुष्ठान कल प्रातः गौरी गणेश के पूजन से शुरू हो गया पूजन काशी और अयोध्या के नव प्रकांड प्रोहित करा रहे हैं अनुष्ठान के पहले चरण में भगवान श्रीराम और माता सीता के कुलदेवी मंदिरों में पूजन अर्चन कर राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्रीराम के जन्मस्थान पर गौरी गणेश की पूजा की गई इसी के साथ अयोध्या र्के मंदिरों और घरों में विमिन्न धार्मिक अनुष्ठान हवन पूजन और रामायण पाठ के साथ ही भजन कीर्तन का दौर भी शुरू हो गया है भूमि पूजन से पूर्व आज विराजमान रामलला स्थल पर रामर्चा अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा जो छः घंटे तक अनवरत चलेगा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण की वैदिक रीति रिवाज से इक्कीस वेद पंडितों के माध्यम से पूजन अर्चन के साथ भूमि पूजन करेंगें देश भर में अब तक दो करोड़ से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है जो एक रिकॉर्ड है कोविड के प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है उधर देश में पिछले चौबीस घंटों में चालीस हजार पांच सौ चौहत्तर से अधिक मरीज स्वस्थ हुए इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या ग्यारह लाख छियासी हजार दो सौ तीन हो गई है कोविड से स्वस्थ लोगों और कोविड मरीजों की संख्या के बीच अंतर छः लाख से भी अधिक हो गया है इस समय केवल पांच लाख उन्यासी हजार से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर दो दशमलव एक एक प्रतिशत रह गई है प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक पचपन हजार तीन सौ तिरानबे मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार हजार चार सौ तिहत्तर नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या चालीस हजार एक सौ इक्यानबे हो गई है कल प्रदेश में पचास लोगों की बीमारी से मृत्यु हुयी जिसके बाद अब तक इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या एक हजार सात सौ अठहत्तर हो गई है उधर राज्य में एक दिन पूर्व नवासी हजार छः सौ उत्तीस कोविड नमूनों की जांच की गई अब तक क्ल छब्बीस लाख तेईस हजार दो सौ साठ नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री अनिल राजभर ने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित हैं बाढ़ के संबंध में निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति नहीं है उन्होंने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि शारदा नदी पलिया कला लखीमपुरखीरी सरयू नदी तुर्तीपार बलिया राप्ती नदी बर्डघाट गोरखपुर व राप्ती बैराज श्रावस्ती सरयू घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज बाराबंकी और अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कल विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत भाषा के संवर्धन और अध्ययन अध्यापन में लगे सभी लोगों को बधाई दी श्री मोदी ने कहा कि संस्कृत सुन्दर भाषा है जिसने कई वर्षो तक भारत का ज्ञान भंडार बनाए रखा उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि संस्कृत को और लोकप्रिय बनाने के लिए काम करें प्रदेश में कई स्थानों पर पिछले चौबीस घंटों के दौरान वर्षा होने के समाचार हैं संमल औरैया पीलीमीत बदायूं बलिया फिरोजाबाद तथा आसपास के इलाकों में हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई